उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रास बार्डर पेट्रालियम पाइप लाइन रिकार्ड समय में पूरी हुई है जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में यह बनकर तैयार हुई इसका श्रेय आपके नेतृत्व को नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को इस पाइप लाइन से हर साल दो मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्टस एफोर्डबल रेटस पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे

श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में भारत और नेपाल सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व रूप से नजदीक आए हैं और उनके बीच निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं ये पीपुल ट्र पीपुल संबंध हमारे बायलिटेरल रिलेशंस का आधार है पिछले कुछ वर्षो में हमारे बीच हायेस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अमृतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के सहयोग के लिए आमार व्यक्त किया मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन साठ किलोमीटर से अधिक लंबी है फिलहाल भारत से टैंकरों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ले जाये जाते हैं यह व्यवस्था उन्नीस सौ तिहत्तर से बनी हुई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुयी मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने बैठक के बाद बताया कि पच्चीस प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने की संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी मंत्रिमण्डल बैठक में कुल ग्यारह प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने को भी मंजूरी दी गयी इस बार प्रदेश सरकार ने पचास लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है कुछ जिलों में एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी जबकि अन्य में एक नवम्बर से धान की खरीद की जायेगी उन्होंने बताया कि सौ कुन्तल से अधिक धान लाने वाले किसानों से पैदावार का सबूत मांगा जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुयी मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया विधानमण्डल के दोनों सदनों की बैठक दो अक्टूबर को पूर्वाह्न ग्यारह बजे शुरू होकर तीन अक्टूबर को देर रात तक चलेगी इससे पहले सरकार ने इस अवसर पर अड़तालीस घंटे का निर्बाध विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा की थी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सुनील पाण्डेय ने आज लखनऊ में बताया कि वन्य प्राणी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के परिवेश को सुरक्षित रखने तथा इनके संरक्षण के लिये लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है

इस अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोविन्द बल्लभ पंत ने राज्य के समग्र विकास की नींव रखी थी उनका सपना राज्य को देश का सर्वेत्तम प्रदेश बनाना था हमारी सरकार केन्द्र सरकार की मदद से उनके सपनों को साकार करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ कुशल प्रशासक थे उनकी सक्रियता और योग्यता को देखते हुये ही आजादी मिलने के बाद उन्हें देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान सौंपी गयी थी

यह दिन पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है